एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस सलाह को देखते हए उन्होंने इस वर्ष किसी भी होली मिलन कार्यक्रम में भाग न लेने का फैसला किया है गृहमंत्री अमित शाह ने भी होली मिलन समारोहों में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है उन्होंने लोगों से सार्वजनिक समारोहों में हिस्सा न लेने और अपने परिवार की उचित देखभाल करने को भी कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी होली मिलन समारोहों में भाग न लेने का फैसला किया है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये उपचार से ज्यादा महत्वपूर्ण बचाव है उन्होंने लोगों से सामाजिक समारोहों में जाने से बचने की अपील की है सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस कोविड नाइन्टीन के संक्रमण को देखते हुए देश के सभी हवाई अड्डों पर विदेशी उड़ानों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग का फैसला किया है

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए एहतियाती उपायों की एक सूची जारी की है इसके तहत लोगों को अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखने और बार बार सादुन से हाथ धोने का परामर्श दिया गया है जब भी हाथ गंदे दिखें तो लोगों को उन्हें साब्न से बहते पानी से धोना चाहिए अगर हाथ गंदे नहीं दिखें तो सेनेटाइजर का उपयोग किया जा सकता है वहीं इस्तेमाल किए गए टिशू पेपर को तत्काल कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए और लोगों को खांसते और छींकते समय मुंह को ढक लेना चाहिए लोगों को सार्वजनिक जगहों पर न थूकने की सलाह दी गई है और किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क से दूर रहने का परामर्श दिया गया है जिसको खांसी या बुखार हो इसके अतिरिक्त लोगों को जानवरों या कच्चे या अधपके मांस के संपर्क में आने से भी बचना चाहिए साथ ही खेतों पशु बाजारों या उन जगहों पर जाने से बिलकुल बचना चाहिए जहां पशु वध किया जा रहा हो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्मया दृष्कर्म और हत्या मामले के दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज कर दी है राष्ट्रपति ने इससे पहले इस मामले के तीन अन्य दोषियों की भी दया याचिका खारिज कर दी थी दिल्ली की एक जिला अदालत ने आज भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दोषी करार दिया दुष्कर्म पीड़िता के पिता की नौ अप्रैल दो हजार अट्ठारह को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी प्रदेश सरकार ने हितेश चंद्र अवस्थी को पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने आज इस सम्बंध में आदेश जारी किया श्री हितेश चंद्र अवस्थी पिछली इकत्तीस जनवरी को डीजीपी ओपी सिंह के सेवानिवृत होने के बाद से कार्यवाहक डीजीपी का पदभार संभाल रहे थे श्री हितेश चंद्र अवस्थी भारतीय पुलिस सेवा के उन्नीस सौ पच्चासी बैच के अधिकारी हैं आजमगढ़ में आज जिला प्रशासन की ओर से मुसहर बस्तियों में लोक उपासना पर्व का आयोजन किया गया सदर तहसील के गांव जिगरसण्डी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा कि समाज में विकास के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सरकार द्वारा चलायी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना ही सबसे बड़ी उपासना है इस अक्सर पर उन्होंने ग्रामीणों से अपने बच्चों को शिक्षित करने की अपील की कार्यक्रम के दौरान लोगों के आवास पेंशन कन्या सुमंगला योजना छात्रवृत्ति आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड और राशन कार्ड सहित अन्य योजनाओं के फॉर्म भी भरवाए गए जिलाधिकारी ने बताया कि बनवासी लोगों के लिए दो हजार एक सौ पैंतालीस आवास बनकर तैयार हो गये हैं और सात सौ पचास आवासों के लिए दूसरी सूची शासन को भेजी गयी है जिलाधिकारी ने बताया कि अभियान के अंतर्गत नौ सौ स्वयं सहायता समूहों का गठन भी किया गया है चंदौली में राजस्व आसूचना निदेशालय डीआरआई की टीम ने आज तड़के नई दिल्ली से कोलकाता जा रही राजधानी एक्सप्रेस से तीन अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को करीब पंद्रह करोड़ रूपए के ड्रम्स के साथ गिरफ्तार किया तस्कर ड्रम्स को नई दिल्ली से कोलकाता ले जा रहे थे गिरफ्तार किए गए तस्करों में दो तमिलनाडु और एक केरल का रहने वाला है